नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि अप्रैल दो हजार बीस से दिल्ली में बीएस छः मानदंडों का पालन करने वाले वाहन उपलब्ध हो जाएंगे

श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वाय की गृणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाये हैं प्रद्वषण कम करने के लिए राजधानी से होकर गुजरने वाले मालवाहक वाहनों को दिल्ली के बाहरी क्षेत्र से निकालने के लिए पेरीफेरियल एक्सप्रैस वे का निर्माण किया गया है उन्होंने कहा कि इस समय दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल एक सौ तेरह वायू गुणवत्ता सुचकांक निगरानी केन्द्र हैं और उन्तीस की शीघ्र ही स्थापना की जाएगी कम प्रदूषण फैलाने वाले हरित पटाखो का विकास एक ऐतिहासिक कदम है श्री जावड़ेकर ने कहा कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या के समाधान के उपाय भी किए गए हैं

उसी को दुकड़े दुकड़े होकर वो उसी खेत में खाद के रूप में उपयोग हो सकेगी महानवमी पर आज मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कन्या प्रजन किया श्री योगी ने परम्परानुसार नौ कन्याओं के पांव पखारे उनके माथे पर तिलक लगाया बनारसी चुनरी ओढाई और मंत्रोच्चार के साथ उनकी आरती की श्री योगी ने कन्याओं को दक्षिणा दी और वस्त्र भी भेंट किए

श्री योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने बालिकाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाये हैं बेटी बचाओ बेटी पढाओ जैसी योजनाओं से बेटियों को सम्मान मिल रहा है उज्ज्वला योजना पर तेजी से काम हो रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ करने जा रही है इसमें कन्याओं को पंद्रह हजार रूपये दिये जाएंगे मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पर दिये अपने बयान के संबंध में कहा कि उनका आशय वहां आयोजित होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से था मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में इस व ् भी दीपावली पर पिछली बार की तरह भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा श्री योगी ने कहा कि इस बार सरय नदी के तट पर साढे पांच लाख से अधिक दीप जलाकर दीपावली का पर्व मनाया जाएगा गारदीय नवरात्र के आखिरी दिन आज प्रदेश भर के ाक्तिपीठों और देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्वालू उमडे आज ही प्रदेश भर में लगे नवरात्र मेले सम्पन्न हो रहे हैं श्रद्धालओं ने आज मों भगवती के नौवे स्वरूप माता सिद्धिदात्री देवी की पूजा अर्चना की

कल प्रदेश भर में विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जायेगा कल ही असत्य अन्याय के प्रतीक रावण मेघनाद और कृम्भकर्ण के पृतले जलाए जायेंगे

उधर वाराणसी में रामनगर दूर्ग में आज परम्परा के अनुसार दशहरा मनाया गया

दूर्घटना में घायल तीन और लोगों ने आज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया कल ाम झांसी के तोड़ी फतेहपुर के राजापुर बडवार गांव के निकट हाई वे पर अनियंत्रित एक ट्रक ने सवारियों से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी थी दुर्घटना में छः लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी उधर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज हुई एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मृत्यु हो गयी दुर्घटना उन्नाव जिले के हसनगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक्सप्रेस वे पर हुई जब एक तेज रफ्तार कार हाई वे पर खड़े ट्रक में जा घुसी मृतक गोण्डा के विधायक विनय द्विवेदी के सम्बंधी बताए जाते हैं